सुशासन दिवस के रूप में कल मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के लामार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने श्री मोदी को पीएम किसान और अन्य विमिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अनुमव भी सुनाए किसानों ने कहा कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिले भुगतान से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है एक किसान का कहना था कि वह अब अपनी उपज कृषि मंडियों से बाहर बेच सकता है और अधिक कीमत ले सकता है श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है जब से ये योजना शुरू हुई है तब से एक लाख दस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवनेंस है यही तो गुड गवनेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है

कोई कमीशन नहीं कोई कट नहीं कोई हेराफेरी नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज ना हो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आयार नंबर और बैंक खातों का वेरीफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी श्री मोदी ने कहा सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से डेढ़ गुना अधिक दाम दिलाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की एक हजार से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन सपर्क से जाड़ दिया है श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है उनके सुत्रधार भी एक प्रकार से अटलबिहारी वाजपेयी भी थे अटल जी गरीबों के हित मेँ किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौडे भाषण दे रहे हैं उन्होंने खुद सत्ता में रहने के दौरान क्छ नहीं किया इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती पर कल कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना प्रसार मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अटल जी को श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी महान दूरदर्शी नेता थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोकभवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पृष्य अर्पित कर उन्हें नमन किया इसके बाद लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल जी ने पहला प्रयास किया था उन्होंने कहा कि पीडीएस अन्योदय और अन्नपूर्णा योजना अटल जी की देन है इसके अंतर्गत गरीबों को सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के प्रयासों से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया और आज इन सड़कों की वजह से किसान अपनी उपज को मंडी और बाजार तक ले जा सकते हैं सुशासन दिवस के अवसर पर कल विभिन्न स्थानों पर किसान गोष्ठियों और किसान मेलों का आयोजन किया गया जिसमें कई केन्द्रीय मंत्री प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाम उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपना कर उदाहरण पेश कर रहे हैं महाराजगंज जिले के किसान रामगुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हापुड़ जिले में तथा स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों को सम्बोधित किया

बरेली में आयोजित किसान गोष्ठी में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का निराकरण किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद गांवों में किसानों के लिए बिजली पानी खाद और बीज की व्यवस्था की गई है

कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से खरीफ की फसल खरीदना जारी रखे हुए है प्रदेश में अब तक दो करोड़ इक्कतीस लाख से अधिक कोविड के टेस्ट किये जा चुके हैं

उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गयी है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ क्रिसमस का त्योहार कल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना आयोजित की गयी थी ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी